कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के श्रमिकों व श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था आगामी पांच मई से शुरू की जायेगी उन्होंने श्रमिकों से आहवान किया कि कोरोना से स्वयं और परिवार का बचाव करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश के नव निर्माण में अपना सक्रिय योगदान करें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए दो योजनाओं की घोषणा की इन योजनाओं के तहत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु या किसी प्रकार की दिव्यांगता आने पर दो लाख रूपये का सुरक्षा बीमा कवर तथा पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा

इस अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर ज्यादा लक्षणों वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें बिना टेस्ट के ही मेडिकल किट उपलब्ध करायेंगे

एक अन्य जानकारी में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय दिया है कि अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के अंतराज्जीय आवागमन पर रोक लगा दी गई है

श्री सहगल ने बताया कि कम संक्रमण वाले जिलों में भी आक्सीजन की आप्रर्ति कराई जा रही है डीआरडीओ के नये कोविड अस्पताल में आक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था करा दी गई है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि एथनॉल और नाइट्रोजन प्लांट में भी आक्सीजन बनाई जाये उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिये हैं कि जिस तरह से टीम नाइन का गठन हुआ है उसी तर्ज पर जिलों में विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू की जाये जिलाधिकारी अपने कामों का बटवारा कर हर काम के लिये एक अधिकारी नियुक्त करे जिसके बेहतर परिणाम सामने आयेंगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी जिलों में बेडों की संख्या दोगुनी करने की कार्रवाई तेज की जाये लखनऊ के आरएमएल में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाये अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया कि जल्द ही केजीएमयु में डेढ़ सौ बेड कोविड मरीजों के लिये उपलब्ध हो जायेंगे इनके अलावा कैंसर हास्पिटल और डीआरडीओं द्वारा तैयार विशेष हास्पिटल भी जल्द क्रियाशील हो जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ देश में कोविड महामारी और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की समीक्षा की बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्यता कोविड संबंधी दवाईयों मानव संसाधन की स्थिति और स्थिति में सुधार के तरोकों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने और मुद्दों के समाधान के लिए लगभग प्रत्येक दिन बैठक कर रहे हैं

इससे पहले कल राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मतगणना की अनुमति दी थी न्यायालय ने यह भी कहा था कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसी प्रकार की रैली नहीं होगी शामली ब्लॉक की मतगणना अत्यंत धीमी होने के समाचार प्राप्त हुये हैं यहां देर शाम नतीजे आने की संभावना जताई गई है

आजमगढ़ में भी पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बिना मास्क और बिना पास वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की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

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना के बढते रोगियों के कारण देश में कुल मामलों की संख्या लगातार बढ रही है देश में सक्रमणमुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मूक्त हो रहे हैं

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है

केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वयंसेवी समूहों गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहायता से सहायता डेस्क की व्यवस्था करने की सलाह दी है ये सहायता डेस्क अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की सहायता और अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों के परिजनों के बीच समन्वय का काम कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज में हाईटेंशन लाइन टूटने की दुर्घटना में लोगों की दुःखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं